जयपुर केन्द्रीय कारागार में पाकिस्तानी कैदी की मौत के मामले में जेल अधीक्षक और जैलर एपीओ सेल प्रभारी सहित दो निलंबित

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एन आई ए ने पुलवामा हमले की जांच के लिए मामला दर्ज कर लिया है इसके लिए एक टीम का गठन किया गया है एनआईए ने घटनास्थल से विस्फोटकों के नमूने और कृछ अन्य सबूत भी एकत्र किए हैं

पुलवामा आतंकी हमले के मद्देनजर गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार ऐसा महसूस किया गया कि अलगाववादी नेताओं को सुरक्षा मुहैया कराया जाना राज्य के संसाधनो की बर्बादी है

सरकार ने इससे पहले रविवार को पांच अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस ली थी राजधानी जयपुर के केन्द्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पाकिस्तानी कैदी शकीरूल्लाह उर्फ मोहम्मद हनीफ की मौत के मामले में देर रात राज्य सरकार ने जेल अधीक्षक संजय यादव और जेलर जगदीश शर्मा को एपीओ कर दिया वहीं वार्ड प्रभारी और वॉर्डन को निलंबित कर दिया है नये जेल अधीक्षक के रूप में राकेश मोहन शर्मा को लगाया गया है मामले की जांच पुलिस महानिरीक्षक रूपेन्द्र सिंह को सौंपी गई है उधर इस घटना के बाद प्रदेश की सभी जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनीष भंडारी का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में करना तय किया है कॉलेजियम ने इस संबंध में जस्टिस भंडारी की ओर से निर्णय को स्थगित करने के लिये दिये गये अभ्यावेदन को नहीं माना है

केन्द्रीय सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्योग मंत्रालय की ओर से एससी एसटी हब की पहल की गई है

जयपुर में आयोजित सम्मेलन में उद्योग आयुक्त के के पाठक ने प्रदेश के सभी उद्योग संघों और अनुसूचित जाति और जनजाति के नये उद्यमियों को सार्वजनिक खरीद नीति की जानकारी दी

नियामक पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति और वित्त विकास योजनाओं को बनाए रखने के लिए केन्द्र ने ये निर्णय लिया है

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है

बोर्ड के अजमेर रीजन में शामिल राजस्थान मध्यप्रदेश गुजरात और दादरनगर हवेली के स्कूलों के करीब डेढ लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे

इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा राज्य सरकार ने सैनिकों और अर्द्व सैनिक बलों के शहीद सैनिकों के परिजनों और स्थाई युद्ध विकलांग सैनिकों को दी जाने वाली सहायता और सुविधा पैकेज में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद इस संबंध में घोषणा की थी वहीं राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से विभिन्न प्रकरणों में दी जाने वाली सहायता राशि में भी बढोतरी कर दी है परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर में राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक की

राज्य सरकार ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं

श्री सिंह ने बताया कि इस अभियान में पट्टे और भूखण्ड आवंटन के लिए सभी पात्र व्यक्तियों के नये आवेदन भी लिए जाएंगे उन्होंने बताया कि आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए आगामी एक और ग्यारह मार्च को ग्राम पंचायतों की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश में जिन लोकसभा क्षेत्रों में पिछले चुनावों में मतदान का प्रतिशत कम रहा है वहां खास तौर पर योजना बनाकर अभियान चलाया जाये

उन्होंने आगामी चुनाव में दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान केंद्रों पर सहयोग और सुविधा देने पर भी जोर दिया